प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय सेना के तीनों अंगों के कमांडरों का सम्मेलन राजस्थान के जोघपुर में शुरू हुआ रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोवा और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल उच्चस्तरीय बैठक में भाग लिया जोधपुर आने के बाद प्रधानमंत्री कोणार्क युद्व स्मारक पहुंचे और वहां उन्नीस सौ पैंसठ तथा उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्वों में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की उसके बाद श्री मोदी ने पराक्रम पर्व नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें सैना के पराक्रम और राष्ट्र निर्माण में सेना के योगदान को प्रदर्शित किया गया है प्रधानमंत्री ने यहां प्रदर्शित किये गये सेना के हथियारों और अत्याधुनिक उपकरणों का अवलोकन किया रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस मौके पर उपस्थित थी यह सम्मेलन तीनों सेनाओं के समी संयुक्त मुद्दों और रक्षा मंत्रालय के बारे में उच्चस्तर पर विचार विमर्श के लिए एकमंच उपलब्ध करा रहा है भारतीय सशस्त्र बलों के साहस शौर्य और बलिदान को दर्शने के लिए आज से रविवार तक देश भर में पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है यह रविवार तक चलेगा मुख्य समारोह नई दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित किया जा रहा है

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण इंडिया गेट पर पराक्रम पर्व का उद्घाटन करेंगी और बच्चों से बातचीत करेंगी इस अवसर पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौर ने कहा आजादी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से ऐसे लोग है जो दिन रात अपना सेक्रफाइज करते है सभी लोग हमारे देश के अंदर अपने जीवन का रिस्क लेते है और सरहद पार करके हमला करके आते है ताकि देश सुरक्षित रहे आज हम ऐसे सभी लोगों को याद करें जो सियाचिन में खड़े होते हैं बर्फीले पहाड़ों पर समुद्र में समुद्र के नीचे सब जगह तैनात रहते हैं ताकि भारत सुरक्षित रहें उन सबको आज हम सलूट करते हैं और अपने अपने जीवन में जो भी काम कर रहे है उन्हीं की तरह देशभक्ति उन्हीं की तरह बनने की भी कोशिश है हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश के इक्यावन शहरों में तिरपन स्थानों पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे जिनमें भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ और विशेष बलों के पराक्रम को विशेष रूप से दर्शाया जाएगा कार्यक्रम में सशस्त्र सेनाओं के साहस और पराक्रम को दर्शने वाले चित्रों और फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा शनिवार और रविवार को संपेरे ग्यारह बजे से रात दस बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सैनिक हथियारों और उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जाएगा साथ ही लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से बरामद किए गए हथियारों को भी देख पाएंगे इसके अलावा कार्यक्रम में जाने माने गायक सेना बैंड की धुनों पर गीत गाएंगे आम आदमी इस अवसर पर इंडिया गेट और अन्य जगहों पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में आने वाले सत्र् से छियालिस नए राजकीय डिग्री खोल दिए जायेंगे साथ ही पैंतालिस नए राजकीय इंटर कॉलेज भी खोले जायेंगे डॉक्टर शर्मा आज मिर्जापुर में तीन जिलों मिर्जापुर सोनभद्र और भदोही जिलों के विकास कार्यो की प्रगति की बैठक के बाद पत्रकारो से बातचीत में बताया उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा के कारण ग्यारह लाख लोगों ने पिछले साल परीक्षा छोड़ दी थी आगे भी परीक्षा निष्पक्ष हो इसके लिए परीक्षा केन्द्रों पर वॉयस कॉल सीसीटीवी कैमरा लगाया जायेगा उन्होंने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेजों में अध्यापक अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिए जायेंगे और प्राइवेट इंटर कॉलेज में अध्यापक माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से लिए जायेंगे केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि जीएसटी परिषद की आज की बैठक में राजस्व स्थिति के बारे में विस्तृत विचार विमर्श हुआ नई दिल्ली में वस्तु और सेवाकर परिषद की तीसवीं बैठक के बाद उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे राज्यों की मदद के लिए जल्दी ही सात सदस्यों का मंत्री समूह गठित किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्वांजलि दी है ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि शहीद भगत सिंह के साहस और बलिदान से लाखों देशवासी प्रेरित होते रहे हैं प्र्यानमंत्री ने कहा कि देशवासियों के साथ वे भी देश की स्वाधीनता में शहीद भगत सिंह की वीरता का स्मरण कर रहे हैं